केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनंत क्मार का आज बैंगलूरू में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया अंनत क्मार जिनका कल निधन हो गया था उन्हें उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और अन्य नेताओं ने श्रद्वाजंलि दी सूत्रों के अनुसार भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण प्रकाश जावडेकर धर्मेन्द्र प्रधान डी वी सदानंद गौड़ा अर्ज्न राम मेघवाल गजेन्द्र सिंह शेखाव कर्ना क के भाजपा प्रम्ख बी एस येद्रप्पा और कई आर एस एस नेताओं ने अंतन क्मार को श्रद्वाजंलि दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल अंनत क्मार के आवास स्थान पर बसावनाग्डी में उनके परिवार से मिले और शोक संतप्त परिवार को सात्वना दी

उन्होंने कहा कि पानीपत रेवाड़ी और नूंह मे एक हजार कद्दी की क्षमता वाली नई जेलें बनाई जायेंगी जींद व सिरसा की जेलों में तीन अतिरिक्त बश्नकों का निर्माण किया जा रहा है इस तरह भिवानी जेल में महिलाओं के लिए एक व प्रूषों के लिए पांच बश्नके बनाई जा रही है उन्होंने कहा कि करनाल व फरीदाबाद में ओपन एयर कम्पस बनाया जा रहा ह जिसमें अच्छे व्यवहार वाले कदियों को उनके परिवारों के साथ रहने के लिए आवास बनाए जायेंगे

इस सिलसिले में मुख्य सचिव डी एस ऐसी ने अधिकारियों की बठक ली एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि रख्नी स्थल पर एक प्रदर्शनी लगाई जायेगा जिसमें केएमपी एक्सप्रेस वे प्रोजेक् के अलावा हरियाणा सरकार के चार वर्षो की विकास यात्रा तथा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविदयालय की गतिविधियों को सुंदर संग से प्रदर्शित किया जायेगा उन्होंने बताया कि रखी स्थल पर तीन मंच होंगे जिनमें मुख्य मांच के अलावा एक वीआईपी मंच तथा एक सांस्कृतिक मंच होगा

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल गूर्जर ने कहा है कि सरकार के साथ साथ स्वंयसेवी सामाजिक संस्थाएं एवं व्यक्ति विशेष खिलाडियों को प्रोत्साहित करें तो समाज के य्वा प्रदेश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगें और नशे से दूर रह कर खेल गतिविधियों से ज्डक़र समाज की मुख्यधारा में शामिल रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष आज पंचकूला भवन विद्यालय में प्रमोशन सोसाय ी दवारा आयोजित तीसरे उत्कृष् खिलाड़ी सम्मान समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सोसाय ी खेलों य्वाओं में खेलों के प्रति लालसा जागृत करने का सराहनीय कार्य कर रही है इसके लिए पंचकूला के विधायक एवं सोसाय ी के चेयरम्रा एवं उनकी ीम बधाई की पात्र ह कि वे जिला के खिलाडिय़ों का मनोबल बधाने की दिशा में महल प्राप्त खिलाडियों को सम्मानित कर रहे है

आज छठ महापर्व श्रद्वा के साथ मनाया जा रहा हा हरियाणा में काम की तलाश में पूर्वाचल से आकर बसे परिवारों ने पश्चिमी यम्ना नहर के ब्डिया बाड़ी माजरा तीर्थनगर दड़वा आदि घा ों पर शाम को ड्बते सूर्य को अध्य देने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं पहंची अध्यक्ष कंवर पाल ग्र्जर व विधायक घनश्याम दास अरोडा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे कल सुबह उगते सुर्य का अध्य देकर मिहलाएं व्रत खोलेंगी और संतान की लंबी आयु के लिए कामना करेंगी वही प्रशासन ने घा ों पर स्रक्षा के प्ख्ता इंतजाम किए हथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हड्डा ने एसवाईएल को लेकर इनेलो द्वारा शुरू किए गए जेल भरो आंदोलन को नकली आंदोलन करार दिया वह हिसार में यूवा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

दीपेंद्र हड्डा ने इनेलो में मचे राजनीतिक घमासान पर कृछ शिप्पणी करने से मना कर दिया

सांसद ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ने का आरोप भी लगाया उन्होंने कहा कि जा आरक्षण के दौरान हुई हिंसा के दौरान गठित प्रकाश आयोग की रिपोर्ध का अब तक ख्लासा इसलिए नहीं हआ क्योंकि रिपोर्श में ह कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई मंत्रियों की भूमिका संदेहस्पद थी यम्नानगर जिले के जगाधरी सिथत सरकारी अस्पताल में डायलसिस सें र व रक्त भंडारण यूनि बनाया जा रहा ह सरकार ने इसे मंजूरी दे दी हा

डा क्लदीप सिह ने बताया कि यम्नानगर जिले में डायवि ीज में काफी मरीज़ हा उन्होंने बताया कि अस्पताल मे रक्त यूनि स्थापित होनेसे जगाधरी सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों को खून की जरूरत पड़ने पर यम्नानगर ट्रामा सें र में नहीं जाना पड़ेगा